सात दिसम्बर को होने वाले मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज हनुमानगढ़ सीकर और जयपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे जयपुर के विद्याधरनगर स्टेडियम में होने वाली प्रधानमंत्री की सभा में जयपुर जिले के अधिकतर विधानसभा क्षेत्रो के शहरी और ग्रामीण लोग शामिल होंगे

हनुमानगढ से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है

चुनाव प्रचार के तहत आज और कल प्रधानमंत्री प्रदेशभर में पांच सभाएं करेंगे कल प्रचार के अंतिम दिन श्री मोदी दौसा और पाली जिले में चुनावी सभा करेंगे उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी भी आज प्रदेश के दौरे पर है श्री गांधी आज अलवर जिले के मालाखेडा झुंझुन् के सूरजगढ और बुहाना और उदयपुर के सलूम्बर क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे

झुंझुनू से हमारे संवाददाता ने बताया कि राहुल गांधी की सभा के लिये आवश्यक तैयारियां कर ली गई है

गौरतलब है कि विधानसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब तक राजस्थान में सात चुनावी सभाएं कर चुके है वहीं राहल गांधी ने चार चुनावी रैलियां की है

इसी के तहत आज भी वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक राज्यभर में व्यापक प्रचार करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह डीग झुंझुनू और सांचोर में नितिन गड़करी बेगू और टॉक में स्मृति ईरानी जयपुर के सांगानेर सिविललाईन किशनपोल और हवामहल क्षेत्र में और हेमामालीनी सरदारशहर नवलगढ राजगढ और खण्डार में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज सालरा रायपुर कोटडी टोंक तथा कापरेन में चुनाव प्रचार करेंगी टोंक से हमारे संवाददाता ने बताया कि टोंक की सीट इस बार के विधानसभा चुनाव में सबके लिये रौचक बनी हुई है

इधर कांग्रेस की ओर से भी आज कई चुनावी रैलियां की जायेगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सुनेल पिडावा रायपुर और झालावाड में हरीश रावत जयपुर के झोटवाडा और सिविल लाईन में और क्मारी शैलजा किशनपोल में जनसभाओं को संबोधित करेंगी इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णन झालावाड और जयपुर में चुनाव प्रचार करेंगे

निर्वाचन विभाग द्वारा इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में दस दस मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं जो सीधे जयपुर स्थित निर्वाचन विभाग की निगरानी में रहेंगे ये केन्द्र रेंडमाइजेशन द्वारा तय किए जाएंगे दूसरी और निर्वाचन विभाग की ओर से हर मतदाता को मतदान पर्ची और निर्देशिका पत्रिका दी जा रही है

अजमेर जिले में जनता में विश्वास जगाने के लिए अर्द्वसैनिक बलों ने फलैगमार्च करना शुरू कर दिया है

इस बीच मतदाताओं में जागरूकता बढाने के लिए अजमेर में कल दिव्यांगजन रैली निकाली गई

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बाडमेर बायतू चौहटन और गुढामलानी विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों को छह दिसम्बर को रवाना किया जायेगा उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे भयमुक्त होकर अपना मतदान करें उधर पाली जिले में परिवहन विभाग की ओर से चुनाव डयूटी के लिये वाहन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं

इस अवसर पर भारतीय नौसना की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

श्री लांबा ने भरोसा दिलाया है कि नौसेना देश के समुद्री इलाकों में दिन रात निगरानी कर रही हैं